देशभर में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों समेत अन्य संस्थानों में पदाधिकारी और कर्मियों ने संविधान के प्रस्तावना का पाठ करने के साथ इसके प्रावधानों के पालन की शपथ ली

भारत में संविधान को अपनाने और नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है इधर झालसा द्वारा रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड स्थित नेमरा गांव में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे इस मौके पर वे झालसा के विशेष एप्प एक्सेस द्र जस्टिस फॉर ऑल और उसके वेब पोर्टल को लांच करेंगे राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतान्बे प्रतिशत से ज्यादा हो गई है यहां अबतक एक लाख आठ हजार एक सौ अंठावन कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक लाख पांच हजार चालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं और दो हजार एक सौ साठ संक्रमितों का इलाज चल रहा है वहीं नौ सौ अंठावन लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है राज्य के चौबीस में से अठारह जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या सौ भी कम हो चुकी है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान पूरे राज्य में तीन सौ सोलह लोगों ने कोरोना को मात दो वहीं दो सौ सैंतीस नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा तीन संक्रमितों की मौत हो गई इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा एक सौ इकसठ लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए वहीं रांची से ही सबसे ज्यादा बिरान्बे और पूर्वी सिंहभूम से अड़तीस नए संक्रमित मरीज मिले हैं राज्य में कोरोना के दूसरे लहर की संभावना को देखते हुए सभी जिलों के अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरो में पर्याप्त संख्या में बेड की व्यवस्था करने का निर्देश सिविल सर्जन को स्वास्थ्य सचिव डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी ने दिया है स्वास्थ्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना वैक्सीन के रख रखाव और वितरण को लेकर की जा रही तैयारियों की भी जानकारी सिविल सर्जनों से ली उन्होंने बच्चों के नियमित टीकाकरण गर्भवती महिलाओं की जांच और संस्थागत प्रसव समेत अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के साथ आवश्यक निर्देश दिए

नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली इस चर्चा में भाग लेंगे

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

राज्य के एक सौ उन्नीस विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा जाएगा तीन दिसंबर को आयोजित होनेवाले समारोह में इन विद्यालयों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन को लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन सम्मानित करेंगे इन विद्यालयों का चयन ऑनलाइन स्वच्छता प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है इस प्रतियोगिता में पूरे राज्य से चौवालीस हजार चार सौ इकतालीस विद्यालयों ने भाग लिया था स्वच्छता के पांच मानकों के आधार पर इन सभी विद्यालयों की ग्रेडिंग की गई वहीं समारोह में झारखंड एकेडिमक काउंसिल सीबीएसई और आईसीएसई की दसवीं बोर्ड और इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्यस्तर पर टॉपर्स को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा इन तीनों ही बोर्ड के उनसठ टॉपर्स को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन दो दिसंबर से सभी विभागों के कार्यो की समीक्षा करेंगे अठाइस दिसंबर तक चलने वाली समीक्षा बैठक में विभागों के बजट खर्च की रिथिति मुख्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति नई योजनाओं की स्वीकृति और प्रगति केंद्र से प्राप्त राशि और उसके व्यय का ब्यौरा रिक्त पदों को भरने की कार्य योजना और अंतर विभागीय विषयों की समीक्षा करेंगे इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा विभागों को अवगत करा दिया गया है इसके अलावा सरकार को एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री उपलब्धियों का ब्यौरा भी पेश करेंगे

इस कड़ी में राज्य और जिलास्तर पर फैसिलिटेशन सेंटर का गठन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस मामले में राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग से संवाद में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने प्रगति रिपोर्ट पेश की प्रधानमंत्री ने झारखंड समेत सभी राज्यों में चल रही रेल परियोजनाओं के प्रगति की भी जानकारी ली उन्होंने वेंडर योजना के तहत ठेले और खोमचे वालों को ऋण उपलब्ध कराने और कृषि सुधार को लेकर की जा रही पहल के बारे में भी झारखंड के मुख्य सचिव से चर्चा की गौरतलब है वोकल फॉर लोकल के तहत हर जिले को खास उद्योग के नाम से राष्ट्रीय पहचान दिलाने की योजना बनाई गई है इस कड़ी में सभी जिलों में उसके खास उत्पादों के लिए पचास इकाइयां स्थापित की जाएगी राज्य में आज पहली बार सर्विस लोक अदालत लगाया गया है झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा द्वारा आयोजित सर्विस लोक अदालत में सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के सेवानिवृत कर्मियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है इसके लिए पांच बेंच बनाए गए हैं जहां पैंतीस हजार से ज्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है झारखंड अधिविध परिषद ने आठवीं बोर्ड परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है इसमें लगभग बयालीस हजार अनुतीर्ण विद्यार्थियों में चालीस हजार आठ सौ तेरह विद्यार्थियों को बीस प्रतिशत ग्रेस अंक देकर प्रमोट किया गया है गौरतलब है कि आठवीं बोर्ड में अनुतीर्ण विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा लेने का प्रावधान है लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेष परीक्षा नहीं लेने और विद्यार्थियों को ग्रेस मार्कस देकर पास करने का निर्देश झारखंड एकेडमिक काउंसिल को दिया था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को साइबर सुरक्षा जागरुकता अभियान चलाने को कहा है इसके तहत विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा से अवगत कराने के लिए सेमिनार और व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं इसके अलावा विद्यार्थियों के बीच स्टार्ट अप और हैकॉथन के आयोजन को लेकर प्रोत्साहन कार्यक्रम भी चलाया जाय

दो दिन तक चलने वाली इस वर्च्यअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कम्पनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी इस सिलसिले में विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र मेँ देश का प्रदर्शन सराहनीय रहा है और इस क्षेत्र में काम करने वाली द्निया की बड़ी कम्पनियां भारत में निवेश की इच्छक हैं

कोडरमा जिले में अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ पुलिस का छापेमारी अभियान लगातार जारी है इस सिलसिले में कल डोमचांच ढाब और सतगावा थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर दर्जनों अवैध शराब भट्टी नष्ट करने के साथ भारी मात्रा में अवैध शराब जावा महुआ और शराब बनाने में इस्तेमाल होनेवाले सामानों को बरामद किया खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया स्कूलों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फिट इंडिया के ऑफिसियल साइट पर पंजीकरण कराना होगा इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि छात्र भारत को फिट बनाने में प्रेरक शक्ति हैं उन्होंने कहा कि वह यह देखकर खुश हैं कि इतने सारे स्कूलों ने फिट इंडिया स्कूल वीक के लिए पंजीकरण करवाया है श्री रिजिजू ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से प्रत्येक भारतीय को फिट बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी क्योंकि इस कार्य के लिए स्कूलों से ही ऊर्जा मिलती है

पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे तीन सौ एक लोगों को पकड़ा और उनर्से जुर्माने के तौर पर लगभग डेढ़ लाख रुपए वसूले राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक दिसंबर से पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी

उन्होंने एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए नॉन कोविड बेड उपलब्ध कराने को कहा है

मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत एक करोड़ तिरासी लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने के मामले में यह कार्रवाई की है

लॉक डाउन की वजह से कई महीनें से इस ट्रेन का परिचालन स्थगित था